राजधानी भोपाल में सांसद आलोक संजर पार्टी के विधायकों और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय अम्बेडकर चौराहे पर उपवास पर बैठे हैं इंदौर के राजवाड़ा पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और रामदास अठावले के नेतृत्व में सामूहिक उपवास हो रहा है रायसेन में केद्रीय विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर वहीं जबलपुर में स्थानीय लोकसभा सांसद राकेश सिंह के साथ पार्टी विधायक उपवास पर हैं हमारे टीकमगढ संवाददाता ने जानकारी दी है कि केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेन्द्र कुमार कलेक्टर कार्यालय के सामने उपवास पर बैठे हैं गौरतलब है कि संसद नहीं चलने के विरोध में प्रधानमंत्री श्री मोदी आज नई दिल्ली में एकदिवसीय उपवास कर रहे हैं इसी क्रम में मध्यप्रदेश में भी संसदीय क्षेत्रों के जिला मुख्यालयों पर भाजपा सांसद उपवास पर बैठे हैं कैबिनेट निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि गेहू खरीदी की समीक्षा हर जिले में प्रभारी मंत्री करेंगे

विघायकों को अपने क्षेत्र में विकास यात्रा निकालने के निर्देश दिये गये है श्री मिश्रा ने ये भी जानकारी दी कि पांच फीसदी राशि जमा कर आवासीय पट्टे रिन्यू किये जायेंगे अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के मह यात्रा को लेकर भी बैठक में निर्देश दिये गये

श्री चौहान अपने मासिक कार्यक्रम दिल से में बाबा साहेब अम्बेड़कर के जीवन और समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से होगा थ्री आर सम्मेलन इंदौर में चल रहे एशिया और प्रशांत क्षेत्र की आठवीं थ्री आर सम्मेलन के दूसरे दिन कल इन्दौर घोषणा पत्र जारी किया गया

औद्योगिक और नगरीय कचरे का प्रबंधन प्रकृति के अनुकूल करने पर भी इसमें बल दिया गया है थ्री आर के माध्यम से सर्कुलर इकॉनामी के सतत विकास इसमें पी पी पी मोड के समावेश मलिन बस्तियों के व्यस्थापन कचरे के विकेन्द्रीकृत निपटान इकोसिस्टम के संरक्षण स्वच्छ जल भूमि और वायु बनाये रखने के उपायों पर चर्चा हुई

बुरहानपुर नगर निगम में छह सौ करोड़ रुपये का बजट पास हुआ है